बापू ने कहा था कि बुराई को केवल अच्छाई से ही जीता जा सकता है

वे आज भोपाल में फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने बताया कि मुआवजे के संबंध में आग्रह करने के लिये प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों का एक दल जल्द ही केन्द्र सरकार के पास जाएगा बैठक में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल मुख्य सचिव सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे

प्रदेश में फसलों की हुई क्षति का सर्वे पूरा हो गया है और केन्द्र सरकार के दल ने भी अपना सर्वे कर लिया है

पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने वन्यजीव सप्ताह समारोह के अवसर पर प्राणीमित्र पुरस्कार देने के बाद यह बात कही

इस योजना में स्थानीय निकायों राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ उद्योगों को भी साझेदार बनाने का प्रयास किया जाएगा

केंद्र सरकार ने पहली बार प्राणीमित्र पुरस्कार की शुरुआत की है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रदेश में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मे इस अवसर पर विभिन्न आयोजन कर लोगों मे वन और वन्य प्राणी का उनके जीवन मे महत्व बताने का प्रयास किया जा रहा है

श्री चौहान ने कहा है कि धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी जिससे धोखाधड़ी करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और प्रदेश की जनता धोखाधड़ी से बच सके विश्व आवास दिवस केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने कम किराये पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है आज विश्व आवासन दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि बडे पैमाने पर प्रवासन एक बडी चुनौती है उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पारिवारिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य न केवल पूरा किया गया है बल्कि इससे भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है

ये बात प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार जैन ने कही वे आज भोपाल में मतदाता जागरूकता पर अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक यह बात पहुंचाने की जरूरत है कि मतदान केन्द्रों पर कोविड से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं और मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकते हैं इसके पहले प्रदेश की उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दिशा प्रणय नागवंशी ने बैठक में उपस्थित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे मतदाता जागरूकता की गतिविधियों को अमल में लाना शुरू करें मतदाता जागरूकता बैठक में आकाशवाणी दूरदर्शन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपेडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ तथा इस अभियान से जुडे अन्य लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि पनड़ब्बी रोधी युद्ध में क्षमता विकास वृद्धि के लिए यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि साबित होगी

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर केंद्र द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है खंडपीठ ने केंद्र सरकार और आरबीआई के अलावा इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा निजी बैंकों को नया हलफनामा दायर करके संबंधित मामले में नीतिगत निर्णय अंतिम अवधि इससे जुड़े सर्कुलर आदि को स्पष्ट करने को कहा है गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज माफ करने को कहा था मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से अब मॉनसून विदा होने लगा है हवाओं में घटती आर्द्रता दिन और रात के तापमान में बढ़ रहा अंतर और साफ होते आसमान से ये संकेत मिलने लगे हैं कि राज्य में ठंड के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी है अधिकांश हिस्सों में रात्रि में तापमान में गिरावट जारी है वहीं दिन में भी धूप की तेजी में कमी आने लगी है कई जिलों में गुलाबी सर्दी का अहसास होने लगा है मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी एक दो हफ्तों के भीतर मॉनसून पूरी तरह से प्रदेश से लौट जाएगा और तेज ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस वर्ष सर्दी का मौसम न केवल लम्बा खिंचेगा बल्कि तेज सर्दी भी पड़ेगी गर्मी और सर्दी के इस संधि काल को फसलों के लिये लाभदायक माना जा रहा है

प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम आमतौर पर सामान्य रहेगा